प्रधानमंत्री तीसरे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनोमिक पार्टनरशिप बैठक में आसियान और व्यापारिक साझेदार देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श में भाग लेंगे बैंकाक रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नेएक बयान में कहा कि आसियान से संबंधित शिखर सम्मेलन भारत की विदेश नीति विशेष कर एक्ट ईस्ट नीति क लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि भारत आसियान देशों के साथ संपर्क में सुधार के लिए उत्सुक है उन्होंने कहा कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक सहभागिता सम्मेलन में प्रतिनिधि इस संबंध में होने वाले समझौतों की प्रगति की समीक्षा करेंगे श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन के दौरान वस्तुओं के व्यापार सेवा क्षेत्र और निवेश के संबंध में भारत की चिंताओं और हितों सहित सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी संबंद्व पक्षों को मिलकर प्रयास करने होंगे आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री जावड़कर ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी एक्सप्रेस वे बनाए जाने के बाद करीब साठ हजार वाहन राष्ट्रीय राजधानी के बाहर से गुजर रहे हैं जिससे प्रदूषण में काफी कमी आई है

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि शिल्पकारों और दस्तकारों के हुनर को बाजार की जरूरतों के हिसाब से तराशने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये अल्पसंख्यक मंत्रालय सभी राज्यों में हुनर हब स्थापित करने के मिशन पर तेजी से काम कर रहा है प्रयागराज में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा एक से दस नवम्बर के बीच आयोजित किये जा रहे हुनर हाट के औपचारिक उद्घाटन अवसर पर आज श्री नकवी ने यह बात कही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सौ दिनों में ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश में अलग अलग स्थानों पर सौ हुनर हब स्वीकृत किये हैं इनमें शिल्पकारों दस्तकारों और पारम्परिक खानसामों को बाजार की जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग देकर उनके हुनर को और निखारा जायेगा श्री नकवी ने कहा कि पिछले तीन वर्षो में देश के प्रसिद्ध आर्थिक केन्द्रों में आयोजित एक दर्जन से ज्यादा हुनर हाट के जरिये ढाई लाख से अधिक कारीगरों को रोजगार मुहैया कराया गया है जिनमें बड़ी संख्या में महिला कारीगर भी शामिल है प्रयागराज में आयोजित हुनर हाट में देश भर से बड़ी संख्या में शिल्पकार दस्तकार सहित अन्य कलाकार भाग ले रहे हैं

कैबिनेट में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अयोध्या में विश्व की सबसे ऊँची श्रीराम प्रतिमा लगाने के लिये गांव मीरापुर द्वाबा में इकसठ हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है पर्यटन के लिहाज से वाराणसी के सारनाथ में एक पर्यटक पुलिस थाना स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है

इसके तहत चीनी मिलों को उत्पादित शीरे का अट्ठारह प्रतिशत देशी शराब बनाने वाले डिस्टलरियों के लिये आरक्षित रखना होगा

इसके अलावा सोलर एनर्जी के पांच सौ मेगावाट के तीन प्रोजेक्टों को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है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

रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैम्प पर आतंकी हमले के छह दोषियों में से चार को फांसी की सजा एक को उम्रकैद तथा एक अन्य को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं रामपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तृतीय ने दोषियों को सजा सुनाते हुए इस मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया सीआरपीएफ कैम्प पर गत इकतीस दिसम्बर दो हजार सात की रात में आतंकी हमला हुआ था इस हमले में सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हो गये थे और एक रिक्शाचालक की मौत हो गई थी इस हमले में आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था यह सभी आरोपी लखनऊ और बरेली के सेन्ट्रल जेल में बंद थे आस्था और विश्वास का महापर्व छठ आज प्रदेश में श्रद्वा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सूर्योपासना क चार दिवसीय छठ पर्व के तीसरे दिन आज छठ व्रतियों ने नदी तालाब और पोखरों के पानी में खड़े होकर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अघ्य देकर प्रजा अर्चना की

लखनऊ कानपुर अयोध्या वाराणसी अमरोहा बलिया सहित विभिन्न स्थानों पर छठ का पर्व ध्रमधाम से मनाये जाने की खबर है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट आदि देव भगवान सूर्य की आराधना का महापर्व छठ प्रकृति की आराधना का भी त्योहार है छठ प्रजा बिहार और प्रर्वी उत्तर प्रदेश की कृषक सभ्यता का महापर्व है परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए सूर्योपासना को समर्पित यह पर्व अब केवल पूर्वोत्तर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाने लगा है कुशीनगर जिले में सरोवरों तथा नदी किनारे बने घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है छठ महापर्व के कल चौथे दिन व्रती महिलाएं उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत सम्पन्न करेंगी कई स्वयं सेवी संगठनों ने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबन्ध किये हैं इस अवसर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं विवेक पाण्डेय आकाशवाणी समाचार कुशीनगर सिद्धार्थनगर में छठ पर्व के अवसर पर विभिन्न घाटों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें सांसद जगदम्बिका पाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए फिलहाल सड़क निर्माण में कमी लाने के निर्देश दिये हैं इसके अलावा पराली जलाने निर्माण कार्यो और जनरेटर से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक के लिये प्रभावी कदम उठाने को कहा है

उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वायु प्रदूषण की खराब स्थिति वाले जिलों के मंडलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में पराली और कूड़ा जलाने से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के बार में आवश्यक दिशा निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण और निकायों को धूल से होने वाले प्रदूषण को पानी का छिड़काव कर रोकने पर जोर दिया उन्होंने नगर विकास विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शहरों में कूड़े का निस्तारण कराने के साथ साथ कूड़ा जलाने पर लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये और निर्माण के काम में लगी कम्पनियों से तय मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाये आगरा के थाना फतेहाबाद के रूपपूर गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज एक कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई इस हादसे में कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई मृतकों में एक माँ और उसके दो बेटे तथा एक अन्य महिला शामिल है रक्षामंत्रो राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने का एकमात्र तरीका सभी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा व्यवस्थाओं का पूरी तरह पालन और दोहरे मानदंड न रखना है

समाप्त